तीसरे चरण में मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनपुरी एटा बंदायू आंवला बरेली और पीलीभीत ससदीय क्षेत्रों में तेइस अप्रैल को मतदान होगा

इस दौरान सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बसपा प्रमुख मायावती रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका गांधी राजबब्बर सहित विभिन्न नेता वोटरों को अपनी पार्टियों को पक्ष में करने के लिए जनसभाएं रैलियां और रोड शो का आयोजन कर चुके हैं इन नेताओं का राजनीतिक भविष्य मंगलवार को ईवीएम मशीन में बन्द हो जाएगा इनमें सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार सपा नेता आजम खां भाजपा की जयाप्रदा वरूण गांधी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रमुख हैं इस चरण की दो सीटों मैनपुरी और बदायूं को छोड़कर सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है इस चुनाव में खड़े एक सौ बीस उम्मीदवार और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भले ही कर रही है लेकिन असल में चुनाव के नतीजे तेइस मई को बतायेंगे कि किस पार्टी को मतदाताओं ने कितनी तरजीह दी है

प्रत्येक मतदाता को अपन वोट के महत्व को समझना चाहिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज कानपुर नगर में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में लोगों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं

सबसे मैं ये दिल की गहराइयों से यह अपील करना चाहती हूं कि पहले छोड़ों सारे काम और पहले करो मतदान

श्री योगी ने लखीमपुर खीरी की निघासन तहसील में होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया वहीं जालौन के माधवगढ़ तहसील में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बाबूसिंह कुशवाहा ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की

जिसमें तीन सौ सैंतीस उम्मीदवारों में से एक सौ पैतालीस उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिये गये हैं अब एक सौ बान्नबे उम्मीदवार मैदान में बचे हैं इनमें सर्वाधिक रायबरेली सीट पर पन्द्रह और गोंडा सीट पर पन्द्रह प्रत्याशी हैं बाइस अप्रैल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है लोकसभा की इन चौदह सीटों पर लखनऊ अमेठी फैजाबाद और रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं इन सीटों पर केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी जैसी प्रमुख हस्तियां चुनाव मैदान में है पांचवें चरण के लिए मतदान छः मई को होगा प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इस चरण में होने वाले चौदह लोकसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान पर निगरानी रखने के लिए सामान्य प्रेक्षक प्रलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक निय्क्ति कर दिये हैं

इस चरण की चौदह लोक सभा सीटों पर कल कुल छप्पन उम्मीदवारों ने पर्चे भरे इनमें सुल्तानपुर सीट से कांग्रेस के डॉ संजय सिंह श्रावस्ती से बसपा के राम शिरोमणि बस्ती से प्रदेश के पर्व मंत्री व कांग्रेस उम्मीदवार राजकिशोर सिंह लालगंज सीट से भाजपा की नीलम सोनकर आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव और मछलीशहर से बसपा के त्रिभुवन राम प्रमुख रहे इन चौदह सीटों पर अब तक कुल छियासी उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं

प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कल यह जानकारी दी

जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गयी है

द्र्घटना उस समय हुई जब इन लोगों को ले जा रही तेज रफ्तार प्राइवेट बस दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गयी घायलों को सैफई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है इस बोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने को कहा है वहों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंच कर घायलों का हालचाल जाना

स्वर्गीय सागर सैंतालीस वर्ष की थीं वे पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थीं इससे पूर्व वह सूचना प्रसारण मंत्रालय के लखनऊ स्थित विभिन्न मीडिया इकाइयों में कार्य कर चुकी है स्वर्गीय सागर अपने पीछे परिवार में एक पुत्र और पुत्री छोड़ गई ह

दुनिया भर में यह त्योहार ईसा मसीह को सलीब पर लटकाये जाने के तीन दिन बाद उनके पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है